राज्यपाल का वैज्ञानिकों से आहवान हिमाचल को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाने के लिए करें कड़ी मेहनत

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से दिल्ली दौरे पर हैं वे आज दोपहर बाद शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए इस दौरान उनका दिल्ली में निवेशकों से बैठकें करने और रोड़ शो का कार्यकम है

इसके बाद मुख्यमंत्री का गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है

शिमला में आज उनसे मिलने आए बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के नवनियुक्त कुलपति परविन्द्र कौशल से भेंट में उन्होंने प्राकृतिक खेती के प्रचार व प्रसार के लिए समर्पित वैज्ञानिकों व अधिकारियों की टीम तैयार करने को कहा राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती लंबे समय तक मनुष्य के स्वास्थ्य प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण व पर्यावरण के लिए बेहद ज़रूरी है आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश के अनेकों स्थानों पर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र प्राकृतिक खेती के लिए मॉडल केन्द्र बनाए जाएं ताकि आसपास के किसान मौके पर जाकर प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का प्राकृतिक खेती ही सबसे अच्छा विकल्प है रमेश धवाला विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति रमेश धवाला ने कहा है कि सिरमौर जिले में पांवटा शिलाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग को पक्का करने के कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी नाहन में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि दोषी ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के विरूद्व सख्त कार्रवाई होगी उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यो में गृणवत्ता बनाए रखने और सरकारी पैसे के सद्यपयोग के निर्देश दिए समिति के सदस्यों जगत सिंह नेगी राजेन्द्र राणा नरेन्द्र ठाक्र व सुरेश शौरी ने भी बैठक में भाग लिया

वंदना कुमारी राज्य सरकार ने वंदना कुमारी को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है

इसके अलावा अरूणा चौहान निरंजना कंवर शैलेन्द्र बहल सपना बन्टा और सुचित्रा ठाक्र को आयोग का सदस्य बनाया गया है एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर आज कई कार्यकम आयोजित किए गए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थापना दिवस पर संगठन से जुड़े छात्रों व कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि स्थापना के बाद से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों में ज्ञान शील एकता और राष्ट्रवाद की अलख जगाई है माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रशासनिक ट्रिब्युनल को बंद करने के सरकार के फैसले का विरोध किया है पार्टी नेता कुलदीप तनवर ने कहा कि इस फैसले से छोटे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा और दुर्गम क्षेत्रों के कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित कर्मचारी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में गुहार लगाते रहे हैं लेकिन सरकार के जल्दबाज़ी में लिए गए इस निर्णय से कर्मचारी मायूस हैं तनवर ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और ट्रिब्यूनल को फिर से बहाल करने की मांग की है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से एकजुट होकर काम करने का आहवान किया है

नई दिल्ली में आज केन्द्रीय पशुपालन डेयरी विकास व मत्स्य पालन मंत्री गिरी राज सिंह से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से प्रदेश की जनता को लाभ होगा

दोनों केन्द्रीय मंत्रियों ने वीरेन्द्र कंवर की मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया

पुलिस अधीक्षक ओमापति जमवाल ने बताया कि घायलों को आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया है उन्होंने कहा कि ये सभी सिरमौर ज़िले के राजगढ़ के एक ही परिवार के सदस्य हैं पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों के पालन का आग्रह भी किया है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी इस दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है चक्का जाम चंबा ज़िले में भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जांधी गांव में पिछले महीने बादल फटने से एकत्रित हुए मलबे को न हटाने के विरोध में गांववासियों ने आज चक्का जाम कर दिया ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों के आगे मलबे के ढेर लगे हैं और प्रशासन से मलबा हटाने की गुहार लगाने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है आज भारी वर्षा के कारण ये मलबा लोगों के घरों में पहुंच गया जिस कारण उन्होंने चक्का जाम किया

इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन कल वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर में मॉकड़िल की तैयारियों का जायजा लेगा सोलन में आज मॉकड़िल की तैयारियों को लेकर एडीएम विवेक चंदेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की उधर कुल्लू में उपायुक्त ऋचा वर्मा ने भी मॉकड़िल को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए उन्होंने बताया कि कुल्लु मनाली बंजार व आनी में राहत और बचाव कार्यो का अभ्यास किया जाएगा इस बीच रिकांगपिओ में उपायुक्त गोपाल चंद ने मॉकड्रिल को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए ये मैगा मॉकड्रिल ज़रूरी है

नई पैंशन स्कीम संघ के बैनर तले महिला कर्मचारियों ने आज धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया और इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने के लिए रणनीति तैयार की